इस मौके पर क्रतज्ञ राष्ट्र स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह राजग्रू और सुखदेव को उनके शहीदी दिवस पर श्रद्दांजलि अर्पित कर रहा है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की है एक टवीट में उन्होंने कहा कि मां भारती के इन महान सपूतों का बलिदान देश की हर पीढ़ी के लिए प्रेरणास्त्रोत बना रहेगा मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने भी महान कांतिकारी भगत सिंह राजगुरू और सुखदेव को शहीदी दिवस पर श्रद्वांजलि अर्पित की है उन्होंने कहा कि उनका बलिदान हम सबको सदैव राष्ट्र सेवा व एकता के लिए प्रेरित करता रहेगा आयोग अध्यक्ष प्रदेश सरकार ने भारतीय वन सेवा के पूर्व अधिकारी अजय शर्मा को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है इसके अलावा राज्य विद्युत बोर्ड के पूर्व प्रबंध निदेशक जयप्रकाश काल्टा को आयोग का सदस्य बनाया गया है अजय शर्मा छह साल तक आयोग के अध्यक्ष पद पर तैनात रहेंगे इस सबंध में राज्य सरकार ने कल देर शाम अधिसूचना जारी कर दी है मारकंडा दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए कौशल विकास निगम नवधारणा अभियान चला रहा है जिसके माध्यम से उन्हें पर्यटन व रिटेल के क्षेत्र में रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाएगा तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने कल शिमला में एक कार्यशाला में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के बाद दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र दिया जाएगा कोरोना प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या के बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है

एक नज़र अख़बारों की सुर्खियां पर आज अधिकतर समाचार पत्रों ने कोरोना महामारी को देखते हुए शिक्षण संस्थानों में कार्यक्रमों पर रोक लगाए जाने संबंधी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है सूबे के स्कूलों और कॉलेजों में समारोहों पर रोक पंजाब केसरी के शब्द हैं कोरोना की दूसरी लहर शिक्षण संस्थानों में कार्यक्रमों पर रोक दिव्य हिमाचल का शीर्षक है शिक्षण संस्थानों में भीड़ जुटाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध हिमाचल दस्तक लिखता है कोरोना की दूसरी लहर को देख उच्च शिक्षा निदेशालय ने लिया फैसला दैनिक सवेरा टाइम्स का कहना है मेले बंद जारी रहेंगे बाबा बालक नाथ मंदिर में दर्शन दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखा है जलशक्ति विभाग के उपमंडलों में बनेंगे जल संरक्षण के ढांचे जबकि आपका फैसला के शब्द हैं पानी की गुणवता जांचने व स्त्रोतों की सफाई के लिए चलाए जाएंगे विशेष अभियान डेमोकेसी हिमाचल के अनुसार सभी उपमंडलों में बनेंगे जल संरक्षण ढांचे राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति पर दैनिक जागरण व पंजाब केसरी की एक जैसी सुर्खी है अजय शर्मा लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष काल्टा सदस्य

इसी समाचार पत्र के अनुसार नेरवा में गिरी अभागी कार चार घरों के बुझे चिराग